स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने कल राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वायरस से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की उन्होंने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनजर नये वीजा प्रतिबंध और सलाह जारी की गई है दिल्ली मतदान दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज सुबह आठ बजे से मतदान शुरू हो गया है जो शाम छह बजे तक चलेगा

स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं मतदाता सूची कुल्लू जिले कें चारों विधानसभा क्षेत्रों मनाली कुल्लू बंजार और आनी की मतदाता सूचियों में आवश्यक संशोधनों के बाद इनका अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है

उन्होंने कहा कि अपने स्तर पर स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला हिमाचल प्रदेश देश में पहला राज्य हैं

मंडी में कल एक बैठक में उन्होंने भूमि अधिग्रहण के मामलों को भी जल्द से जल्द निपटाने को कहा ताकि लोगों को इस उच्च मार्ग की सुविधा मिल सके एक नजर समाचार पत्रों की सुर्खियां पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने एसएमसी और कॉलेज शिक्षकों से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है ढाई हजार एसएमसी शिक्षकों के सेवा विस्तार में फंसा पेच

दैनिक जागरण का शीर्षक है एसएमसी शिक्षकों की सेवा पर संशय बरकरार निदेशक ने एक साल के सेवाविस्तार का भेजा है प्रस्ताव जवाब तलब पंजाब केसरी लिखता है कॉलेज प्राध्यापकों को बायोमीट्रिक मशीन में लगानी होगी हाजिरी नहीं तो कटेगा चालान दैनिक भास्कर के मुताबिक सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों की हाजिरी बायोमीट्रिक से लगाना अनिवार्य

पत्र लिखता है हिमाचल प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पर एनजीटी ने लगाया दो लाख जुर्माना वहीं पंजाब केसरी की सुर्खी है सिरमौर के मोगीनंद कालाअंब रिथत कंपनी पर र्कारवाई में विफल रहने पर कार्रवाई कोरोना वायरस से संबंधित खबर पर अमर उजाला का शीर्षक है चीन से चंबा पहुंचे चार और लोग निगरानी में रखे जबकि दिव्य हिमाचल के शब्द हैं कोरोना वायरस ने बिगाड़ी दवा कंपनियों की सेहत चीन से कच्चे माल की आपूर्ति ठप हिमाचल में महीने के अंत तक प्रभावित होने लगेगा उत्पादन दैनिक जागरण की एक खबर है सीआरआई कसौली अब बनाएगा टीडी वैक्सीन

मौसम पर आपका फैसला ने लिखा है रोहतांग और जलोड़ी दर्रे में बर्फबारी से बढ़ी शीतलहर